प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से करेंगे अपने विचार साझा

श्री मोदी इस दौरान अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क और भारत बायोटेक तथा पणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में वैक्सीन बनाये जाने की प्रक्रिया देखेंगे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 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश अच्छे ऊर्जा स्रोतों से बड़े पैमाने पर असीमित सौर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है उन्होंने बताया कि राज्य में वर्ष दो हजार बाईस तक दस हजार सात सौ मेगावाट क्षमता के सौर विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित है और इसे हासिल करने के लिये युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है मुख्यमंत्री कल रिन्यूबल एनर्जी इंवेस्ट मीट एण्ड एक्सपो इंवेस्ट दो हजार बीस में वर्च्अल माध्यम से हिस्सा ले रहे थे उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में दो हजार सत्रह में सौर ऊर्जा नीति प्रख्यापित की गई थी इस नीति के तहत सोलर पार्क की स्थापना और सौर ऊर्जा को थर्ड पार्टी विक्रय के लिये ख्ला आमंत्रण दिया गया है उन्होंने बताया कि इस नीति में सौर ऊर्जा प्रोत्साहन प्रावधानों के अन्तर्गत ऑन लाइन सिंगल विंडों क्लियरेंस के साथ ही परियोजनाओं के लिये स्टाम्प ड्यूटी में शत प्रतिशत छूट की व्यवस्था की गई है इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में दस वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास है राज्य में हर क्षेत्र में सामान्य रूप से विकास हो और हर हिस्से में निवेश हो इसको ध्यान में रख कर बुन्देलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में अन्य सुविधाओं के अलावा ग्रिड कनेक्टिविटी के लिये सरकार गंभीरता से काम कर रही है पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल जलवायू परिवर्तन से संबंधित जानकारी देने वाले इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किया इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस पोर्टल में राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर जलवायू परिवर्तन से संबंधित विषयों पर सरकार द्वारा उठाये गये सभी प्रमुख कदमों के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी ये एक नया पोर्टल शुरू किया जा रहा है क्लाइमेंट नॉलेज पोर्टल जिसमें जितने भी भारत के क्लाइमेंट एक्शन्स हैं वो दिखेंगे यानी क्लाइमेट प्रोफाइल क्या है भारत की कितनी भूमि है कैसी हवा है कैसी परिस्थिति है कैसी हमारी पॉलिसी है एडेप्टेशन और मिटिगेशन मार्ट देने के लिए हम क्या कर रहे हैं हमने जो पेरिस में लक्य रखे हैं वो क्या है जब आगे आगे बढ़ता जाएगा तो वो भी उसमें होगा द्विवीपक्षीय और बहुपक्षीय ऐसे जो समझौते होते हैं सहयोग होता है उसकी जानकारी होती जाएगी सब उसमें दिखेगा पेरिस समझौते के बाद उठाये गये कदमों के बारे में श्री जावडेकर ने कहा कि भारत ने दो हजार बीस से पहले के जलवायू संबंधी अपने लक्ष्यों को लगभग प्राप्त कर लिया है उन्होंने कहा कि हालांकि भारत जलवायू परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है लेकिन वह इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई कर रहा है मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लोगों से अपील की है कि कोविड की रोकथाम से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करें इस बीच कोविड मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए अगले शुक्रवार चार दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कामकाज बंद रहेगा उधर प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटों के दौरान कोरोना के दो हजार तीन सौ छाछठ नये मामले सामने आये हैं और अब क्ल सक्रिय मामलों की संख्या पच्चीस हजार छः सौ उन्तालिस हो गई है अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि राज्य में अब तक एक करोड़ अट्ठासी लाख उन्नीस हजार आठ सौ सात नमूनों की जांच की गई है

वृद्धजनों गर्मवती महिलाओं और किसी अन्य गर्मीर बीमारी से ग्रसित लोगों से शादियों और सार्वजनिक समारोहों में न जाने की अपील की गई है जिससे वे संक्रमण से बच सकें एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ उधर देश में तैंतालिस हजार बयासी लोगों में संक्रमण के बाद कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या तिरान्नबे लाख नौ हजार सात सौ अट्ठासी हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस समय चार लाख पचपन हजार पांच सौ पचपन रोगियों का उपचार चल रहा है देश में कोविड से स्वस्थ हए लोगों की संख्या सत्तासी लाख अट्ठारह हजार पांच सौ सत्रह हो गई है स्वस्थ होने की दर तिरान्नबे दशमलव छह पांच प्रतिशत हो गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की इकहत्तरवीं कड़ी होगी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 यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम और न्यूज ऑन ए आई आर मोबइल ऐप पर भी सुना जा सकता है इसे आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूटूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जायेगा आकाशवाणी हिन्दी में कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित करेगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद शाम आठ बजे फिर से प्रसारित किया जायेगा कृषि बाइसिकिल मैन के नाम से पहचान पाये नीरज कुमार प्रजापति अपने देश भ्रमण के दौरान कृषकों को खेती में अत्यधिक उर्वरकों के उपयोग के प्रति साक्धान कर रहे हैं वहीं वे लोगों से पराली न जलाने की अपील करते हुए इसके फायदे नुकसान भी गिना रहे हैं उन्होंने कहा कि पराली को जलाने से जहां प्रदूषण होता है वहीं खेती की उर्वरा शक्ति भी समाप्त हो जाती है